उन्होंने कहा कि गंगा की स्यच्छता हम सबकी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री आज मिर्जापुर में गंगा यात्रा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने गंगा को देशवासियों की आस्था के साथ साथ राष्ट्र के विकास और समृद्धि का प्रतीक बताया उन्होंने कहा कि सरकार गंगा किनारे बसे गायों में विकास के कई कार्यक्रम शुरू करेगी श्री योगी ने कहा कि गंगा के तटों पर पाँच सौ मीटर के दायरे में गंगा उद्यान की स्थापना की जायेगी उन्होंने कहा कि गंगा के तटीय इलाकों में ईको दूरिज्म वाटर स्पोर्ट्स नौकायान आदि के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा गंगा यात्रा में शामिल होने से पूर्व श्री योगी ने विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया श्री योगी ने विंध्याचल के अमरावती चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और भरूहना चौराहे पर सरदार वल्लम भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण भी किया इन दोनों चौराहों का हाल ही में सुंदरीकरण किया गया है और इनका नाम अटल चौक और सरदार पटेल चौक रखा गया है प्रदेश के नगर विकास मंत्री आश्तोष टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगा को स्वच्छ रखने के अभियान से जन जन जुड़ रहा है श्री टंडन आज वाराणसी में गंगा यात्रा को मिर्जापुर के लिए रवाना करने से पूर्व एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे श्री टंडन ने कहा कि गंगा किनारे के गाँवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें गंगा गांव के रूप में विकसित किया जाएगा उन्होंने कहा कि इन गांवों में पार्क पाथ वे ओपन जिम सहित कई अन्य सुकियाएं भी विकसित की जाएंगी इस अवसर पर प्रदेश के मंत्री मोती सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना के अंतर्गत अट्ठाइस हजार करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत कर गंगा को स्वच्छ निर्मल और अविरल बनाए रखने का अनियान शुरू किया है उन्होंने लोगों से गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग की अपील की इस अवसर पर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सहित कई अन्य मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे उधर बिजनौर से शुरू हुई गंगा यात्रा का दूसरा रथ आज बुलंदशहर के नरौरा पहुंचा जहां बसीघाट पर भव्य गंगा पूजन और आरती का आयोजन किया गया केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य मंत्री इसमें शामिल हुए इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री ने कहा कि गंगा हमारी सभ्यता की साक्षी है इसलिए गंगा को स्वच्छ रखने का दायित्व हम सकका है उन्होंने कहा कि सरकार ने नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा को निर्मल बनाए रखने के लिए अभियान शुरू किया है जिसके अंतर्गत वाराणसी और कानपुर में कई गंदे नालों को गंगा में गिस्ने से रोका गया है उन्होंने इसे गंगा को स्वच्छ रखने की दिशा में एक बड़ी सफलता बताया गौरतलब है कि गंगा यात्रा के दो रथ सत्ताईस जनवरी को विजनौर और बलिया से रवाना हुए हैं जो इकत्तीस जनवरी को कानपुर पहुंचेंगे ये दोनों यात्राएं प्रदेश में एक हजार तीन सौ अट्ठावन किलोमीटर की दूरी तय करेंगी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि जलवाय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने सभी राज्यों को वृक्षारोपण के लिए सात अरब डॉलर की राशि जारी की है आज नई दिल्ली में विश्व सतत विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि पिछले चार वर्षों के दौरान विश्व में भारत ही इकलौता देश है जिसने तेरह हजार वर्गमीटर में वन क्षेत्र बढ़ाया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में नोवेल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ तैयारियों का जायजा लिया इस बीमारी से चीन में अब तक एक सौ बत्तीस लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पूरे विश्व में लगभग छह हजार लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने चीन में फैले कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए देश के नागरिकों को अपरिहार्य कारणों के अलावा चीन यात्रा से बचने का परामर्श जारी किया है इसमें चीन से आने वाले सभी यात्रियों को अपने स्वास्थ्य पर बारीकी से निगाह रखने को भी कहा गया है मंत्रालय ने आज वीडियो काफ्रेंस के माध्यम से राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ बैठक की और इस दिशा में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की उधर आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों के दौरान यूनानी दवाएं काफी लाभकारी होती हैं मंत्रालय ने लोगों को व्यक्तिगत सफाई रखने बार बार साबुन से हाथ धोने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है साथ ही बिना धुले हाथों से आंख नाक और मुंह को छूने से बचने को भी कहा गया है उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में मृत्युदंड पाए चार दोषियों में से एक मुकेश कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी न्यायमूर्ति आर भानुमति की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का तेजी से निपटारा किये जाने का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने इस पर गहन विचार नहीं किया इस बीच एक अन्य दोषी अक्षय कुमार ने आज उच्चतम न्यायालय में क्युरेटिव याचिका दायर की